मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य के स्कूलों में विज्ञान और अंग्रेजी विषयों के शिक्षकों के खाली पदों पर जल्द की जाएगी भर्ती कोंडागांव जिले में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में दो जवान घायल नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने तीन माओवादियों को मार गिराने का किया दावा

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने बताया इस बातचीत में वर्ष दो हजार बाईस तक किसानों की आय दोगुनी करने से संबंधित विभिन्न उपायों पर चर्चा की जाएगी कृषि विज्ञान केंद्रों जनसेवा केंद्रो दूरदर्शन डीडी किसान चैनल और आकाशवाणी से इस बातचीत का सीधा प्रसारण किया जाएगा आम लोग नरेंद्र मोदी एप के जरिए भी प्रधानमंत्री से बातचीत कर सकेंगे प्रधानमंत्री योग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वभर के लोगों से योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का आग्रह करते हुए कहा है कि यह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मात्र व्यायाम नहीं है बल्कि स्वस्थ और सहज जीवन का आधार भी है परसों इक्कीस जून को मनाए जाने वाले चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले अपने ट्विटर हैंडिल पर वीडियो में श्री मोदी ने कहा कि योग पूर्ण स्वास्थ्य की कुंजी है शिक्षाकर्मी संविलियन राज्य मंत्रिमंडल ने आठ वर्ष की सेवा पूरी करने वाले शिक्षाकर्मियों के संविलियन पर मुहर लगा दी है

मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में हई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर ने बताया कि पंचायत और नगरीय निकायों के शिक्षकों का संविलियन शिक्षा विभाग में किया जाएगा संविलियन का यह कार्य क्रमबद्व रूप से होगा पहले आठ वर्ष की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों का संविलियन होगा यह संविलियन इस वर्ष एक जुलाई से प्रभावी माना जाएगा बाकी शिक्षाकर्मी जैसे जैसे आठ वर्ष की सेवा पूरी करते जाएंगे उनका भी संविलियन भविष्य में किया जाएगा बैठक के बाद पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने पत्रकारों को इसकी जानकारी दी उन्होंने बताया कि संविलियन के पश्चात शिक्षाकर्मियों को नियमित शिक्षकों की तरह सातवें वेतन आयोग के समान वेतनमान भत्ते और अन्य सुविधाएं जैसे अनुकंपा नियुक्ति पदोन्नति और स्थानांतरण आदि की पात्रता होगी संविलियन के पश्चात शिक्षाकर्मियों की भविष्य में प्रधान पाठक और प्राचार्य के रिक्त पदों पर भी पदोन्नति हो सकेगी ये शिक्षाकर्मी शिक्षा विभाग में शिक्षक एलबी यानी स्थानीय निकाय संवर्ग के नाम से जाने जाएंगे और उनका नियंत्रण तथा प्रबंधन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा संविलियन से शिक्षाकर्मियों के वेतन में प्रतिमाह लगभग सात हजार से बारह हजार रूपये तक की बढ़ोत्तरी होगी मंत्रिमंडल फैसले मंत्रिमंडल के एक अन्य फैसले के अनुसार प्रदेश के करीब चालीस लाख गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना में शामिल किया गया है जिससे इन परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए हर वर्ष पांच लाख रूपये तक की चिकित्सा सुविधा मिलेगी योजना का शुभारंभ इस वर्ष पंद्रह अगस्त को किया जाएगा बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य के तेईस जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हितग्राहियों के लिए पूर्व में निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही पात्र परिवारों का चयन किया जाएगा इनमें स्वतः शामिल परिवार बेघर परिवार शून्य कमरे और एक कमरे के कच्चे मकान वाले परिवार ही शामिल हो सकेंगे शाला प्रवेश उत्सव मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि राज्य के स्कूलों में विभिन्न विषयों के शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी

इस सँगोष्ठी में आदिवासी समुदाय के अधिकारों पर भी चर्चा होने की संभावना है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और उसके आनुषांगिक संगठनों द्वारा इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है इसमें शामिल होने के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक के सर संघचालक मोहन भागवत केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री जूएल उरांव और केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्यमंत्री सुदर्शन भगत तथा केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्यमंत्री अनंत हेगड़े रायपुर पहुंच चुके हैं इस गोष्ठी से पहले श्री भागवत ने संघ और अन्य संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक भी ली संगोष्ठी में विभिन्न आदिवासी संगठनों के पदाधिकारियों के अलावा समाज के विभिन्न वर्गो के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है

जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि आमाबेड़ा और मतोड़ा के जंगल के इलाके में सुरक्षा बलों के जवान गश्त पर निकले हुए थे

मुठभेड़ में घायल हुए उप निरीक्षक और प्रधान आरक्षक को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया है वहीं नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने तीन माओवादियों को मार गिराने का दावा किया है हालांकि अभी तक इनके शव बरामद नहीं हए हैं मिली जानकारी के अनुसार डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रप डीआरजी की टीम कोटकोड़ो तमोरा के पास तलाशी अभियान पर निकली हुई थी इसी दौरान बीती रात करीब साढ़े नौ बजे माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुई घटनास्थल से बड़ी मात्रा में पिट्ठू और अन्य सामान बरामद किए गए हैं उधर बीजापुर जिले में माओवादियों ने बीती रात पांच वाहनों में आग लगा दी इन वाहनों में एक हाईवा और एक टैंकर के अलावा तीन मिक्सर मशीन भी शामिल हैं मिली जानकारी के अनुसार बीजापुर से गंगालूर के बीच प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माण कार्य चल रहा है

पुलिस प्रदर्शन छत्तीसगढ़ पुलिसकर्मियों के परिजनों ने आज दूर्ग कलेक्टोरेट के सामने धरना प्रदर्शन किया यह आंदोलन पुलिसकर्मियों के वेतन भत्ते को बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर किया गया वहीं गरियाबंद में भी पुलिसकर्मियों के परिजन कल धरने पर बैठेंगे

गौरतलब है कि पुलिसकर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पच्चीस जून को आंदोलन की चेतावनी दी है कांग्रेस जकांछ सुपेबेड़ा मामला प्रदेश कांग्रेस ने गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी से ग्रामीणों की मौत की घटनाओं को राजकीय आपदा घोषित कर जिले में तत्काल एक वृहद पेयजल योजना लागू करने की मांग की है वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने इस मामले को लेकर आज गरियाबंद में धरना प्रदर्शन किया सेप्टिक टैंक मौत बीजापुर जिले में आज सेप्टिक टैंक की सफाई करने के दौरान जहरीली गैस के संपर्क में आने से चार लोगों की मौत हो गई वहीं दो अन्य व्यक्तियों की हालत गंभीर बनी हुई है मद्देड थाना क्षेत्र के पेगड़ापल्ली गांव में आज सेप्टिक टैंक की सफाई करने के दौरान एक परिवार के तीन सदस्य और एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई मतदाता सूची पुनरीक्षण भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार प्रदेश में इस समय फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के सत्यापन का कार्य किया जा रहा है इस संबंध में रायप्रर के जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर ओपी चौधरी ने आज मीडिया को जानकारी दी उन्होंने बताया कि कल यानी बीस जून तक बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर सत्यापन का कार्य करेंगे इसी तरह इक्कीस जून से बीस जुलाई तक मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण और उनका भौतिक सत्यापन का कार्य किया जाएगा उन्होंने बताया कि आगामी सत्ताईस सितंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा मौसम बंगाल की खाड़ी की ऊपरी हवा में नमी कम हो जाने के कारण मानसून की हलचल फिलहाल कमजोर हो गई है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार अगले तीन चार दिनों में बंगाल की खाड़ी में एक द्रोणिका बनने की संभावना है